रायपुर जिले में आज शाम तक एक सौ ग्यारह कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान हुई है इनमें रायपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और उनकी पत्नी भी शामिल हैं वहीं रायपुर पुलिस कंट्रोल रूम के तीन लोगों की रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है आज अब तक प्रदेश में लगभग डेढ़ सौ कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं उधर दुर्ग जिले में आज बीएसएफ के सोलह जवान सहित छत्तीस लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है बीएसएफ के सभी सोलह जवान महाराणा प्रताप चौक सेक्टर छह से हैं इस बीच दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सैंपलिंग की संख्या को आज से दोगुना कर दिया गया है कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लॉकडाउन के पालन के लिए जिले के दस नगरीय निकाय क्षेत्रों और सत्रह ग्राम पंचायतों के शासकीय और अर्द्व शासकीय कार्यालय तथा बैंकों को दोपहर तीन बजे तक ही खोले रखने का आदेश दिया है वहीं राजनांदगांव जिले में मोहला मानपुर के कोहका थाने में तैनात आईटीबीपी के सत्रह जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं ये सभी जवान अभी हाल ही में दूसरे राज्यों से आए हैं इसके अलावा एक महिला स्वास्थ्यकर्मी में भी कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है इसी तरह बालोद जिले के गुंडरदेही में दो नये मरीज मिले हैं दोनों मरीज कुछ दिनों पहले मुंबई से लौटे थे जो होम क्वारेंटाइन में थे उधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद में आज छह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है इनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं

वहीं नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में आगामी सत्ताईस जुलाई से दो अगस्त तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी उधर अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाइश दी वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिलेवासियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाना न केवल प्रशासन की बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सभी के सहयोग से ही कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा इस बीच जिले में पिछले दो दिनों से नियमों का पालन नहीं करने वाले चार सौ अठासी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लाख छियासठ हजार रूपये से अधिक का जुर्माना वसुला गया

इसी तरह कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के सभी छह नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत एक्टिव कम्युनिटी सर्विलेंस की टीम कवर्धा बोड़ला पंडरिया सहसपुर लोहारा पांडातराई और पिपरिया नगरीय निकायों में घर घर जाकर कोरोना के प्रमुख लक्षण सर्दी खांसी बुखार और बीपी शुगर के मरीजों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज करेगी शिक्षाकर्मी संविलियन राज्य सरकार ने प्रदेश के सोलह हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया है शिक्षाकर्मियों का संविलियन एक नवंबर से होगा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने कल संविलियन का आदेश जारी किया राज्य सरकार ने चार अलग अलग बिंदुओं पर आदेश जारी किया है दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन नवंबर में होने के साथ साथ एक जुलाई दो हजार बीस को आठ साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का भी संविलियन एक नवंबर से किया जाएगा राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के नियुक्ति आदेश के विरुद्ध यदि कोई मामला कोर्ट में है तो उस पर अभी निर्णय नहीं लिया जायेगा कोर्ट के फैसले के आधार पर ही संविलियन के बारे में निर्णय लिया जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार छब्बीस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कडी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यु ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका रूपांतरण प्रसारित करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई हुई न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को आगामी सत्ताईस जुलाई के बाद भी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने की छूट दी है वहीं सुनवाई के दौरान पीएससी की ओर से जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है मामले की अगली सुनवाई सत्रह अगस्त को होगी गौरतलब है कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में पीएसपी प्रारंभिक परीक्षा में आठ प्रश्नों को लेकर चौबीस परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए आठ प्रश्नों के उत्तर मॉडल आंसर के मुताबिक सही थे लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया था स्वच्छता पुरस्कार गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन द्वारा चार करोड़ चौंतीस लाख रूपये के पुरस्कार दिए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चयनित ग्राम पंचायतों और प्रतिभागियों को आगामी दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पुरस्कृत करेंगे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राज्य स्वच्छता पुरस्कार के तहत पंद्रह श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुले में शौचमुक्त हो चुके गांवों में इसका स्थायित्व बरकरार रखने और समुदाय की सहभागिता तथा लोगों में साफ सफाई की अच्छी आदतों को प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं श्री सिंहदेव ने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तरों पर बेहतर काम करने वाले विभिन्न वर्गो को पुरस्कृत किया जाएगा पंचायत मंत्री ने बताया कि पंद्रह प्रतिस्पर्धात्मक पुरस्कारों के साथ ही प्रदेश के एक जिले को एक करोड़ रूपये का स्वच्छता स्थायित्व पुरस्कार तीन विकासखंडो को पचास पचास लाख रूपये और पांच ग्राम पंचायतों को बीस बीस लाख रूपये के विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे श्री सिंहदेव ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए आगामी तीस जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पंद्रह अगस्त रखी गई है आवेदन निर्धारित प्रारूप में फोटो के साथ संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से भेजा जा सकता है

इसके बाद युवक ने भी ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली मिली जानकारी के मुताबिक आज तड़के ग्राम मटियारी के युवक रौशन सूर्यवंशी ने अपने पिता मां दो भाई और एक बहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी घटना के बाद युवक घर से बाहर निकलकर ट्रक के सामने कूद गया जिससे उसकी भी मौत हो गई घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है हाथी मौत जशपुर जिले के तपकरा इलाके में आज करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई वन विभाग मामले की जांच कर रहा है मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में एक किसान ने अपने घर को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ी में बिजली का तार लगाया हुआ था बीती रात इस क्षेत्र में एक हाथी भटककर तार के संपर्क में आ गया जिससे करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही तपकरा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसान के खिलाफ वन्यप्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाथियों की मौत पर दुख जताते हुए आशंका व्यक्त की है कि कहीं प्रदेश में हाथियों की हत्या तो नहीं की जा रही है उन्होंने तस्करी की आशंका भी जताई है श्री कौशिक ने कहा कि अब तक प्रदेश में आठ हाथियों की मौत की जो खबरें मिली हैं वे सभी मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है उन्होंने हाथियों की मौत के मामलों की सूक्ष्मता से जांच की मांग की है माओवादी लूट दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने आज मालगाड़ी को रोककर गार्ड से वॉकी टॉकी लूट लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के माओवादियों ने भांसी कमालूर और नेरली भांसी के बीच दो जगहों पर पटरियों के बीच बैनर पोस्टर लगाकर मालगाड़ियों को रोका इसके बाद गार्ड से पूछताछ की और उसके पास रखे वॉकी टॉकी को लेकर भाग गए माओवादियों ने बैनर पोस्टर में आगामी छब्बीस जुलाई से तीन अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है स्पंदन अभियान महासमुंद जिले में स्पंदन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की

स्पंदन अभियान के तहत आज रक्षित केन्द्र महासमुंद में रक्षित निरीक्षक नीतीश आर नायर की अगुवाई में जनरल परेड किया गया इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने परेड और ड्रिल का निरीक्षण कर जवानों को अच्छी वेशभूषा के लिए पुरस्कृत भी किया परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं इस दौरान आठ कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए उधर धमतरी जिले में भी पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु ने स्पंदन अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं तथा उन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तनावमुक्त रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया इस मौके पर जनरल परेड पीटी और योगाभ्यास के अलावा खेलकूद का भी आयोजन किया गया बुनकर पुरस्कार प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल स्वर्गीय महंत की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्वांजलि सभा में की गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदेश में बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा

इसमें सभी प्रकार की पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध होंगी इस ऐप को इंटरनेट के जरिये कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी डाउनलोड कर कभी भी बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी देख सकेंगे इस एंड्रायड ऐप को आगामी पंद्रह अगस्त तक लॉन्च किया जाएगा यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने यूनिसेफ द्वारा आयोजित डिजिटल टाउनहॉल फॉर चिल्ड्रन विषय पर आयोजित वेबीनार में दी श्री शुक्ला ने बताया कि पढ़ई तुहंर दुआर ऑनलाइन शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के द्वार तक शिक्षा पहुंचाने का एक माध्यम है शिक्षा को बच्चों के द्वार तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं इस पर भी कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि राज्य स्तर से ही योजना तैयार हो बल्कि शिक्षकों ने भी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिसे राज्य में लागू किया जा रहा है श्री शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सीजी स्कूल डॉट इन नामक पोर्टल बनाया गया है उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के पहुंचविहीन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की समस्या है और जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है उनके लिए दूसरे विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व की ओर से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है इसके अलावा एक चक्रीय चक्रवाती घेरा झारखंड और उसके आसपास बना हुआ है जिसके कारण प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा हो सकती है

संक्षिप्त समाचार महासमुंद जिले में गोधन न्याय योजना की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद गोबर खरीदी की अल्प प्रगति के कारण कृषि विभाग के उप संचालक ने जिले के पांच कृषि विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव के देवार बस्ती में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में दो व्यक्ति घायल हो गए हैं महासमुंद जिले में तेंद्रकोना थाना क्षेत्र के ग्राम खुसरूपाली में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई वहीं बसना में एक युवक की करंट से मृत्यु हो गई जांजगीर चांपा जिले में कल हुए दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को बाराद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

उनके पास से एक कार और चौंसठ हजार रूपये से अधिक राशि की दवाइयां बरामद की गई है